साथ ही उनके द्वारा किए गए नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है कार्यकम को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने बताया कि उनका मंत्रालय द्वारा देश भर में आयोजित किये जा रहे हुनर हाट जरूरतमंद दस्तकारों और शिल्पकारों के आर्थिकी सशक्तीकरण में अहम साबित हुए है

कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन ने संबोधित करते हुए कहा कि हुनरमंद लोगों को बढावा देने के लिये केन्द्र सरकार का यह अभिनव प्रयास है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिये

लोक अदालत प्रदेष में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया

मंदसौर जिले में भी लोकअदालत के जरिये बिछडे परिवारों के गिले शिकवे दूर कराये गये

इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर में रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए इस दौरान उन्होने कहा कि संत रविदास ने हर वर्ग की एकता का संदेश दिया है मुख्यमंत्री ने यहां संतो का सम्मान भी किया

यहां शोभायात्रा भी निकाली जाएगी उधर होशंगाबाद जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है आगरमालवा में क्षेत्रीय सांसद रोड़मल नागर और विधायक विक्रम सिंह राणा रविदास जयंती पर डाक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे मंदसौर धार खंडवा झाबुआ सिवनी उज्जैन मंडला बालाघाट सहित विभिन्न जिलों में उत्साह के साथ संत रविदास जयंती मनायी जा रही है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

मौसम उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से प्रदेश में एक बार फिर तेज ठंड पड़ रही है

वहीं रीवा जबलपुर धार जिलों में शीत लहर का प्रभाव रहा

मौसम विभाग के मुताबिक आज और ठंड का ऐसा ही असर रहेगा वहीं कल से तापमान में मामूली बढोत्तरी रहने की संभावना है